प्रदेश में सप्ताह में अब पांच दिन ही खुलेंगे बाजार शनिवार और रविवार को रहेगी साप्ताहिक बन्दी

राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक तेईस हजार तीन सौ से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए सक्रिय मामलों की संख्या बारह हजार दो सौ आठ

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोविड नाइन्टीन महामारी के खिलाफ सफलतापूर्वक जंग लड़ रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन सहभागिता से कोविड नाइन्टीन के विरूद्व संघर्ष चल रहा है गृहमंत्री ने हरियाणा के ग्रूग्राम में कल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वक्षारोपण अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुनिया के अत्यधिक विकसित देशों में कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं लेकिन भारत ने कोरोना के विरूद्व सफलतापूर्वक जंग लड़ी है कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है

सरकार के साथ साथ एक सौ तीस करोड़ की यह आबादी समी राज्य सरकारें और एक एक व्यक्ति लड़ा है एक जन एक मन एक राष्ट्र के सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खड़े हैं डटकर तड़ रहे हैं कहीं डर का माहौल नहीं है और मैं आज देश के गूहमंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सुरक्षाबलों का भी बहुत बड़ा योगदान है

बाजारों को सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक केवल पांच दिनों के लिए सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक के लिए खोला जाएगा साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी बाजारों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा इस दौरान प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी तथा बैंक शनिवार को खुले रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इस सम्बंध में निर्देश जारी किया उन्होंने कहा कि सप्ताहांत पर बंदी के दौरान औद्योगिक इकाईयां अपने यहां सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगी मुख्यमंत्री ने वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों जैसे एक्सप्रेस वे बांध और बाढ़ के दृष्टिगत तटबंधों की मरम्मत को सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करते हुए जारी रखने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के नमूनों की जांच क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन पचास हजार किया जाए उन्होंने गोरखपुर के मंडलायुक्त को मंडल के समी जनपदों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम व संचारी रोगों के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियानों की प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर नगर देवरिया कुशीनगर बलिया और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरती जाए श्री योगी ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से बचाव के उपायों के बारे में निरन्तर लोगों को जागरूक किया जाए उन्होंने लोगों से मास्क का उपयोग करने और समय समय पर साबून पानी से हाथ धोने की अपील की है प्रदेश में शुक्रवार रात दस बजे से लागू विभिन्न प्रतिबंध आज सुबह पांच बजे समाप्त हो गए प्रतिबंधों के दौरान राज्य में सभी कार्यालय बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे इस दौरान स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए विशेष अभियान चलाया गया कोविड नाइन्टीन पर नियंत्रण के लिए जनपदों में भेजे गए नोडल अधिकारियों जिलाधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने सम्बंधित जनपदों में भ्रमण कर सैनिटाइजेशन कार्यों का निरीक्षण किया नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के हॉटस्पॉट इलाकों में व्यापक रूप से साफ सफाई और विषाणुनाशक रसायन का छिड़काव किया गया प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में नया अकादमिक सत्र शुरू करने के सम्बंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया सितम्बर माह से शुरू हो जाएगी और स्नातक के प्रथम वर्ष की कक्षाएं एक अक्टूबर से लगेंगी स्नातकोत्तर की कक्षाएं एक नवम्बर से शुरू होंगी हालांकि स्नातक के प्रथम वर्ष के अतिरिक्त अन्य वर्षों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन चार अगस्त से किया जाएगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि पाठ्यक्रम के अनुसार कम से कम पैंतालीस दिनों की ऑनलाइन पढ़ाई सुनिश्चित की जाएगी और इसके बाद विद्यार्थी समूहों को सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करते हुए कक्षाओं के लिए बुलाया जा सकता है प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और स्नातक कक्षाओं के लिए दाखिले की प्रक्रिया पन्द्रह सितम्बर तथा स्नातकोत्तर के लिए इकत्तीस अक्टूबर तक पूरी करनी होगी देश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित लोगों की तुलना में दो लाख बयालीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में बताया कि केन्द्र राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के समन्वित प्रयासों से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटों में उन्नीस हजार से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बासठ दशमलव नौ तीन प्रतिशत हो गई है देश में पांच लाख चौंतीस हजार से अधिक कोविड के मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं उधर प्रदेश में कोरोना के बारह हजार दो सौ आठ मामले सक्रिय हैं अब तक तेइस हजार तीन सौ चौंतीस मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोरोना की जांच क्षमता में लगातार वृद्वि की जा रही है और अब प्रतिदिन चालीस हजार टेस्ट किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि राज्य के सत्रह मंडलों में पन्द्रह जुलाई तक डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है मुख्यमंत्री ने इस सर्वे कार्य की समीक्षा की है पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान कोरोना संक्रमित हो गए हैं उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है वह प्रदेश मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण होमगार्ड पीआरडी और सिविल सुरक्षा मंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने तथा उचित सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करने का आग्रह किया है खांसने के समय ऐसा खांसना छीकना चाहिए कि द्रसरे के ऊपर न जाये टिशु पेपर रखे रूमाल रखे कोहनी रखे बचाव करें

जब हम खांसते छिकते हैं तो एक से दो मीटर तक वो जा सकती है तो अगर आप पहले ही एक दो मीटर का फासला बनाकर के रखेंगे तो उसका आपके पास होने का अंदेशा कम हो जाता है जो कांटेक्ट ट्रासमिशन की बात आई फाउमलिटी की तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वॉयरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा

प्रदेश सरकार ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल इस आयोग के अध्यक्ष होंगे

आयोग अधिसूचना जारी होने के दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी जांच करेगा प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि आयोग विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा दो तीन जुलाई की रात को की गयी घटना की जांच करेगा इस घटना में आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हुए थे इसके साथ ही आयोग दस जुलाई को पुलिस और विकास दबे के बीच हुई मुठभेड़ की भी गहनता से जांच करेगा इससे पूर्व राज्य सरकार ने विकास दुबे और उसके साथियों से जुड़े मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था